उन्नीसवीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता आज से बेमेतरा में शुरू हुई

इस योजना के तहत पांच करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन देकर उनका जीवन सुरक्षित बनाया जायेगा यह पेंशन साठ साल की उम्र पूरी करने वाले किसानों को दी जाएगी अगले तीन वर्षो के लिए इस योजना के तहत दस हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है अट्ठारह से चालीस वर्ष आयु के सभी छोटे और सीमान्त किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं श्री मोदी ने देशभर में चार सौ बासठ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भी लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार स्व रोजगार पेंशन योजना का भी शुभारंभ किया किसान सम्मान छत्तीसगढ़ के किसान राजेन्द्र कुमार साहू को मशरूम उत्पादन में नवाचार और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है यह पुरस्कार उन्हें मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया है श्री साहू ने महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम पटियापाली में मशरूम की खेती में नवाचार किया है उन्होंने आम के पेड़ों की छांव में लोहे के पाइपों पर धान के गट्ठों में पैरा मशरूम का उत्पादन किया है वे मशरूम बीज का उत्पादन भी स्वयं करते हैं इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया हुआ है करदाता नोटिस केन्द्र सरकार ने करदाताओं को आयकर नोटिस सीधे न देने का फैसला किया है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगले महीने से यह नोटिस पहले जांच के लिए केन्द्रीयकृत प्रणाली में जाएगा और उसके बाद ही इस पर अगली कार्रवाई होगी इस तरह से अब आयकर अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग और आवास क्षेत्र में धन देने और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बैंकों का विलय जैसे कई सकारात्मक कदम उठाए हैं नेशनल लोक अदालत लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के साथ ही आपसी समझौते से मामले सुलझाने के लिए आगामी चौदह सिंतबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इस दौरान प्रदेश के सभी जिला सत्र न्यायालयों और बिलासपुर उच्च न्यायालय में विशेष अदालतें लगाई जाएंगी इनमें आपराधिक पारिवारिक बैंक संबंधी बिजली पानी के भुगतान भू अर्जन और श्रम विवादों का निराकरण किया जाएगा लोक अदालतों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को भी रखा जाएगा मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद रायपुर में जिस स्थान पर रूके थे वहां पर उनका स्मारक बनाया जाएगा श्री बघेल रायपुर स्थित विवेकानंद विद्यापीठ में आयोजित स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन की एक सौ पच्चीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष अट्ठारह सौ सतहत्तर से उनयासी के बीच स्वामी विवेकानंद रायपुर आए थे हमें स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा जीव सेवा और सर्व धर्म सम्भाव के विचारों से सीख लेनी चाहिए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए सिंहदेव टीकाकरण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि बस्तर अंचल में शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को इसी वर्ष हासिल करने का प्रयास किया जाएगा

उन्होंने कहा कि जो बच्चे टीकाकरण से छूट रहे हैं उन्हें कार्यशाला को टीका लगाने ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है पत्रकार अधिमान्यता समिति राज्य सरकार ने पत्रकारों को अधिमान्यता देने के लिए नई राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है इस समिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति में दस पत्रकार सदस्य आयुक्त संचालक के अलावा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी शामिल हैं इसी तरह संभाग स्तरीय समिति में नौ पत्रकार सदस्य और संभागीय मुख्यालय स्थित जनसंपर्क कार्यालय प्रमुख समिति के सदस्य होंगे गौरतलब है कि बीते जुलाई माह से छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम लागू किया गया है इसके अनुसार प्रिंट मीडिया के साथ साथ टीवी न्यूज चैनल वेब पोर्टल और न्यूज एजेंसी के समाचार प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है अब विकासखंड स्तर पर अधिमान्यता प्रदान की जाएगी अधिमान्यता समिति मीडिया प्रतिनिधियों के कल्याण और हितों से जुड़े अन्य विषयों पर भी अपनी अनुशंसा देगी

समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत के विकास में राजा चक्रधर सिंह का योगदान अविस्मरणीय है सुश्री उइके ने कहा कि राजा चक्रधर ने कला और कलाकारों को काफी प्रोत्साहित किया कत्थक के साथ साथ संगीत ललित कला और साहित्य के प्रति भी उनका लगाव था राज्यपाल ने कहा कि चक्रधर समारोह देश की गौरवमयी कला और संस्कृति के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उन्होंने देश और प्रदेश के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई नृत्य और संगीत कला की सराहना की विद्यार्थी सम्मान छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं बारहवीं और व्यावसायिक परीक्षा के तहत पिछले दो वर्षो में प्रावीण्य सुची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को कल सम्मानित किया जाएगा यह कार्यक्रम रायपुर स्थित मुख्यमत्री निवास में आयोजित किया जाएगा सम्मान समारोह में वर्ष दो हजार सत्रह के पैंसठ और दो हजार अट्ठारह के संतानवे विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मानित करेंगे पुरस्कार के तहत पहला स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दूसरा स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को रजत पदक और सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र के साथ लैपटॉप प्रदान किया जाएगा दसवीं की परीक्षा में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को पचहत्तर हजार रुपए और बारहवीं के छात्रों को एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे पीआईबी प्लास्टिक भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा आज रायपुर में प्लास्टिक कचरा मुक्त पर्यावरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर दोनों कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर को प्लास्टिक कचरा से मुक्त रखने का संकल्प लिया कार्यक्रम में पीआईबी के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार और पड़ोसियों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संबंध में जागरूक करें

इस स्पर्धा का शुभारंभ कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने किया इस अवसर पर श्री चौबे ने बेमेतरा में स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने खेल प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है साथ ही स्पोटर्स स्कूल और खेल अकादमी की भी स्थापना की जाएगी इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बारह जोन के लगभग पंद्रह सौ खिलाड़ी भाग ले रहे है गणेश विसर्जन ग्यारह दिन की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है राजधानी रायपुर में आज जगह जगह हवन और भण्डारे का आयोजन किया गया इसके बाद लोगों ने बाजे गाजे के साथ गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के उदघोष के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया नगर निगम द्वारा कुण्ड बनाकर छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की व्यवस्था की गई है वहीं बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन आगामी चौदह सितंबर को होगा इस अवसर पर आकर्षक झांकियों के साथ शोभायात्रा भी निकाली जाएगी इस साल भी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन खारून नदी में ही किया जाएगा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सहकारी नेता बृजलाल शर्मा का आज धरसींवा विकासखंड के ग्राम कुकेरा में अंतिम संस्कार किया गया नब्बे वर्ष ेकी आयु में कल उनका निधन हो गया था उन्होंने चौदह वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था रायपुर जिले के जनपद पंचायत धरसींवा में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग के सहयोग से जल शक्ति अभियान के तहत कृषक मेला और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव में निर्वाचन लेखा व्यय प्रस्तुत नहीं करने वाले छह उम्मीदवारों को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है इनमें भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार भी शामिल हैं